मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिमालय संरक्षण को आवश्यक बताया देहरादून में हिमालय सप्ताह की शुरूआत की जगह जगह गोष्ठियां और सेमिनार का आयोजन किया जायेगा सुरक्षित प्रसव के लिये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना गांव गांव हो रही साकार कुपोषण की समस्या से महिलाओं को निज़ात मिल रही है

इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवा को सुलभ और आसान बनाना है ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सके इसके लिए देशभर में मौजूद डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है इस नेटवर्क में तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं भारतीय डाक भूगतान बैंक की शुरुआत होने से घर बैठे ही लोग बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे इसकी शुरुआत होने से देश के दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा देशभर में भारतीय डाक भुगतान बैंक की साढ़े छह सौ शाखाओं की शुरूआत हो रही है इसके साथ ही इसके तीन हजार दो सौ पचास पहुंच केंद्र भी बनाये जा रहे है उत्तराखण्ड में देहरादून के जीपीओ प्रांगण में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा का शुभारम्भ किया गया

प्रदेश में चमोली टिहरी उघमसिंह नगर जिले के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी आईपीपीबी की शुरूआत की गई

इन बैंकों में बचत खाता चालू खाता पैसे भेजने और बिलों के भुगतान जैसी सुविधाएं होंगी

इसलिए जीवन को सुरक्षित करने के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है देहरादून में हिमालय बचाओ अभियान के तहत हिमालय सप्ताह की शुरुआत करते हुए श्री रावत ने कहा कि हर साल नौ सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है लेकिन केवल एक दिन हिमालय दिवस मनाने की बजाय इस साल पूरे सप्ताह जगह जगह गोष्ठियां सेमिनार आदि आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ ही सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी लेकर हिमालय के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी

हिमालय पवित्रता का भी प्रतीक है हिमालय संरक्षण विरासत और भविष्य दोनों ही है इस मौके पर श्री रावत ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी सामाजिक और आर्थिक परिणाम आए हैं उन्होंने नदियों के पुनर्जीवीकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के एक एक नदी के पुनर्जीवीकरण के साथ ही ब्लॉकत स्तर पर भी एक एक जलस्रोत को पुनर्जीवित करने पर विचार किया है साथ ही देहरादून में सौंग बांध पर तेजी से कार्य हो रहा है उन्होंने कहा कि सौंग बांध निर्माण से न केवल लोगो को ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति मिलेगी बल्कि सालभर बिजली का खर्च भी बचेगा इस बार हिमालय दिवस पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में राज्य सरकार और पर्यावरणविदों की गोष्ठी आयोजित की जा रही है इसमें देश विदेश के कई पर्यावरणविद भाग लेंगे स्लग मदरसा बोर्ड पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अलग अलग तरीकों से श्रद्धांजलि पूरे देश में दी जा रही है वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अटल जी की जीवनी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है मदरसा बोर्ड ने पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे यही वजह है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी को अपने पाठ्यक्रम मे शामिल करने जा रहा है बोर्ड के फैसले का अन्य मदरसों ने भी स्वागत किया है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार अखलाक अहमद ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की शख्सियत और उनकी खुबियों से मदरसों के छात्रों को जानकारी देने के लिए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है बोर्ड ने उनकी जीवनी को मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा और साक्षरता के तहत कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर इन स्कूलों को पुरस्कृत किया गया है

जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत विद्यालय में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले स्कूलों को बधाई दी और अन्य विद्यालयों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी उन्होंने जिले के सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शौचायल बनाने और उन्हें क्रियाशील करने के निर्दिश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिये

शिश्व और मात मृत्यु दर में कमी लाने और कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना आज देश के हर जिले और गांव में साकार होती दिख रही है

उधम सिंह नगर जिले में यह योजना काफी लाभदायक साबित हो रही है सरदार बल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में जांच कराने पहुंची गर्भवती महिलाओं ने बताया कि उनके प्रसव से पूर्व की सभी जांच निशुल्क हो रही हैं

वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी शैलजा भट्ट ने बताया कि जिले की हर गर्भवती महिला को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है

जच्चा और बच्चा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना देश के हर जिले में संचालित की जा रही है जिसका फायदा महिलाओं तक पहंच रहा है

खासतौर पर नैनीताल चंपावत उधमसिंहनगर चमोली रुद्रप्रयाग हरिद्वार पौड़ी और देहराद्रन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो तीन दिनों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है गौरतलब है कि शनिवार को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राजधानी देहरादून के सभी स्कूलों को बंद रखा गया स्लग तरुण सागर जैन मुनि तरुण सागर का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया

राष्ट्रडपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्रद मोदी गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्या मंत्री सुरेश प्रभू ने मुनि तरुण सागर जी महाराज के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी धर्मगुरू जैन मुनि तरूण सागर महाराज के असामयिक महासमाधि लेने पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने धर्मग्रू मुनि तरूण सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अनुयायियों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि धमगुरू जैन मुनि तरूण सागर को समाज में शांति सद्भाव शिक्षा एवं उनके विचाारों व योगदान के लिये हमेशा याद किया जायेगा साथ ही विघानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जैनमुनि के निघन पर शोक व्यक्त किया

उस समय उनका नाम पवन कुमार जैन था और बाद में उन्होंने दिगम्ब र जैन मुनि की दीक्षा ली बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उनके अनुयायी थे

सभी जनपदस्तर पर जूनियर और सीनियर वर्गों में विद्यालयों के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है क्विज प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आये अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर आयोजित गंगा क्विज में प्रतिभाग के लिए भेजा जायेगा अल्मोड़ा में वाहन पार्किंग की असुविधा से निजात दिलाने के लिये ठोस निर्णय लिये जायेंगे